खास बात यह है कि अब तक कोई भी बड़ी पार्टी उम्मीद्वारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दे पाई है सूत्रों के मुताबिक भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आज देर रात तक जारी होने की सम्भावना है वहीं कांग्रेस की और से भी शाम तक सूची जारी होने की सूचना दी गई थी लेकिन बाद में उसे टाल दिया गया अब कांग्रेस की सूची भी देर रात तक या कल सुबह तक आ सकती है दोनों बड़ी पार्टीयों को छोड़ दें तो अन्य दलों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार घोषित कर दिये हैं इनमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे है जबकि बहजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का एलान कर दिया है

इसके लिए यात्रियों को गूगल प्ले स्टोर या विंडो स्टोर से अपने मोबाइल पर यूटीएस एप डाउनलोड करना होगा सभी जरूरी जानकारियां रजिस्टर करने के बाद यात्रियों को यूटीएस मोबाइल एप पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से वे लॉग इन करके सामान्य टिकट बुक करा सकेंगे उन्हें अब रेलवे आरक्षण काउंटर पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा रेलवे बोर्ड के यातायात विभाग के सदस्य गिरीष पिल्लई ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस नई सुविधा से यात्रियों को बहुत फायदा होगा जीएसटी इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर से वसूली एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली हुई

वित्तमंत्री अरुण जेटली से ट्वीट संदेश में कहा कि कम दरें कम कर चोरी अधिक वसुली और केवल एक कर तथा कर अधिकारियों का कम से कम दखल ही जीएसटी की सफलता है

जिला कलेक्टर को जारी किये निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कारोबार व्यवसाय औद्योगिक उपकरण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर हो या आकस्मिक श्रेणी का श्रमिक हो उसे मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिये वेतन सहित अवकाश दिया जाये

हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि जिले की बड़ोद पुलिस ने कल मध्यप्रदेश राजस्थान सीमा पर चेकिंग के दौरान अवैध तलवारों का जखीरा पकड़ा है राजभवन ई आफिस राजभवन में ई आफिस व्यवस्था आज से लागू हो गई है अब कम्प्यूटर के माध्यम से यहां फाईलों का मूवमेंट होगा यहां के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई आफिस व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जा चुका है बैठक शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर अपर कलेक्टर अशोक कुमार चौहान ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की एक बैठक ली इस बैठक में अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो भी पेम्पलेट हेण्डबिल जैसी सामग्री का प्रकाशन कराए उन पर प्रकाशक का नाम तथा संख्या आवश्यक रूप से अंकित किया जाए और प्रकाशित होने वाले सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर एवं एमसीएमसी कमेटी को आवश्यक रूप से प्रकाशन के तत्काल बाद उपलब्ध कराए अगर ऐसा नहीं किया तो संबंधित प्रिंटिंग प्रेस के संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

हालांकि मध्यप्रदेश निर्वाचन कार्यालय इस चुनाव में प्रयास कर रहा है कि जिन मतदान केन्द्रों में निरंक मतदान अथवा कम मतदान हुआ था वहां पर अधिक से अधिक वोट डाले जायें मुरैना में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक वहीं भिण्ड के दो विधानसभा क्षेत्रों के एक एक मतदान केन्द्रों पर कोई वोट नहीं डाला गया गुना अशोकनगर सागर छतरपुर सतना अनूपपुर डिंडोरी सिवनी बैतूल होशंगाबाद खरगोन उज्जैन के एक एक मतदान केन्द्रों में भी निरंक मतदान हुआ द्रसरी और रीवा सीधी जिलों के दो दो बालाघाट रायसेन खंडवा और आगरमालवा जिले के दो दो मतदान केन्द्रों में मत नहीं डाले गये विदिशा जिले में चार राजगढ़ में तीन और सर्वाधिक दतिया जिले के कुल छह मतदान केन्द्रों में वोट नहीं डाले गये निरंक अथवा कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चलाकर लोगों को अधिक वोट डालने के लिये प्रेरित किया जा रहा है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों को समर्थन देने और उन तक सुविधाएं पहुंचाने का आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे इस अवसर पर ऋण उपलब्ध कराने बाजार सुविधाएं जुटाने और कारोबार की अन्य सुविधाएं देने के बारे में घोषणाएं की जा सकती हैं वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि आउटरीच कार्यक्रम देश भर के सौ जिलों में सौ दिन तक चलेगा आज मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस है

वहीं प्रदेश कांगेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को बधाईयां दी अपने ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि वे प्रदेशवासियों के योगदान को सलाम करते हैं मध्यप्रदेश स्थापना दिवस स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की उपस्थिति में आज मंत्रालय के सामने वल्लभ भाई पटेल पार्क में स्थापना दिवस मनाया गया इस अवसर पर राष्ट्रगान का गायन हुआ साथ ही मध्यप्रदेश गान भी हुआ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति के साथ साथ पुलिस बैंड द्वारा सुमधुर धूने भी प्रस्तुत की गई वहीं सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में संस्कृति विभाग द्वारा दो दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है पहले दिन उत्सव की शुरूआत पारम्परिक नृत्य से हो रही है इसके बाद मध्यप्रदेश गान बांसुरी वादन और शास्त्रीय गायन होगा जबलपुर में भी स्थापना दिवस ध्रमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है मुख्य समारोह पंड़ित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित किया गया उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली हाल में भी स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है गुना में आयोजित हुए स्थापना दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये मुरैना में भी स्थापना दिवस ध्रमधाम से मनाया गया

उमरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है देवास में स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया गया उधर रायसेन में स्थापना दिवस के मौके पर कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा ने ध्वजारोहण किया इस मौके पर उन्होंने सभी शासकीय सेवकों को प्रदेश के विकास में अपना सर्वागीण विकास देने का संकल्प दिलाया सभी जिलों से उल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश जाटव ने बताया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को द्र ष्टिगत रखते हए विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की स्वीकृति के लिये राज्य स्तरीय श्रेणी कमेटी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जा रहे हैं

मतदाता जागरूकता प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित कोल माइंस के स्टेडियम में कल शाम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये गुना में आज बाइक रैली का आयोजन किया गया स्थानीय संजय स्टेडियम से शुरू हई इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए

आगरमालवा जिले में भी माता लक्ष्मी के स्वागत सत्कार के लिये घरों और दुकानों की साफ सफाई और रंगाई पुताई का कार्य जोरशोर से किया जा रहा है रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर व्यापारियों द्वारा ग्राहकों के लिये लाये गये विभिन्न सजावटी सामानों से बाजार दमक उठे है वही आगरमालवा की लालमिट्टी से अनेक प्रकार की डिजाईनों में बने सामान बिक रहे है उधर मिष्ठानों और नमकीन सहित अन्य खाद्य सामग्री की मांग बढ़ गई है

इसके स्थल भी नियत कर दिए गए हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट परिसर में की जाएगी सिनेमाघर मनोरंजन कर के विरोध में पूरे प्रदेश के सिनेमाघरों में चल रही हड़ताल खत्म हो गई है फिल्म निर्माता फिल्में रिलीज़ करने के लिये तैयार हो गये हैं कल से प्रदेश के सभी मल्टिप्लेक्स सिनेप्लेक्स और थिएटर्स में फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी गौरतलब है कि पांच अक्टूबर से प्रदेश के सिनेमाघरों में फिल्मों का प्रदर्शन नहीं हो रहा था

पार्टी के महासचिव ने आज भोपाल में संवाददाताओं को बताया कि पार्टी कृषि उत्पादन में वृद्धि के कदम उठायेगी